विश्व खाद्य दिवस प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि ये खाद्य स्रक्षा के अभिन्न अंग है

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आप्र्ति बनाये रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में क्पोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहआयामी कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढाने पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबन्ध किये गये हैं

म्ख्यमंत्री ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की बैठक ली उन्होंने कहा कि घर के दरवाजों धार्मिक और पर्यटन स्थलों कार्यालयों और वाहनों में कोविड से जागरूकता के लिए स्टिकर लगाये जाय इसके लिए जनप्रतिनिधियों सामाजिक संगठनों और एनजीओ से सहयोग लिया जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों में तेजी आई है और त्योहारों का सीजन भी श्रू होने वाला है इसको देखते हुए मास्क के उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाईन के अन्सार सभी व्यवस्थाएं स्चारु रखी जाय इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का श्भारम्भ भी किया

गंगोत्री धाम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने मां गंगा से कोरोना महामारी को द्र करने की कामना की उनके साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी थे इस दौरान उन्होंने भगीरथ शिला दर्शन और स्नान घाटों का निरीक्षण किया इसके बाद उन्होंने यमुनोत्री धाम के दर्शन किये और वहां चल रहे निमार्ण कार्यों का जायजा लिया

विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में बताया गया है कि सेनिटाइजर कंटेनर्स का निर्यात त्रन्त प्रभाव से प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया है अब सेनिटाइजर को किसी भी पैकेजिंग में निर्यात किया जा सकता है

सक्षम का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य ग्रांड मास्टर खिताब हासिल करना है

इसको लेकर मन्दिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं कोरोना संक्रमण को देखते हए श्रद्वाल्ओं को मन्दिरों में दर्शन करने के लिए दिशा निर्देशों का का पालन करना होगा चम्पावत जिले के पूर्णागिरि देवीध्रा व्यानध्रा समेय अन्य प्रसिद्ध मन्दिरों में नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं जिसको लेकर खास एहतियात बरती जा रही है जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पांडेय ने बताया कि मां पूर्णागिरी मन्दिर में माता के दर्शन और पूजन के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्भकामनाएं दी हैं अपने बधाई संदेश में उन्होंने कामना की है कि मां द्र्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का यह पर्व प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए

आज मेलाधिकारी दीपक रावत ने गंगा सफाई और सौंदर्यीकरण के विषय के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें मेले के सौंदर्यीकरण के साथ ही गंगा सफाई के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये

वहीं आज से गंग नहर को एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है जिसके बाद गंगा के तटों पर अध्रे पड़े निर्माण कार्यो में काफी तेजी आ गई है गंगा बंदी के बाद हरिद्वार में गंगा सफाई के साथ साथ घाटों के निर्माण और गंगा तटों की मरम्मत का काम किया जाएगा अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह ने बताया कि महाकृंभ के सभी कार्य लगातार चल रहे हैं और उनकी प्रगति भी संतोषजनक है उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय के अंदर प्रे कर लिये जाएंगे आपको बता दें कि पिछले साल गंगा बंदी के समय उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अचानक गंगा में जल छोड़े जाने से निर्माणाधीन घाटों पर काफी न्कसान हआ था अब उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद दोबारा गंगाबंदी की गई है ताकि घाटों का निर्माण पूरा किया जा सके

इस योजना को उत्तराखंड में दो से तीन साल में पूरा किया जाना है